कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

कोविड वैक्सीन इनटेलिजेंस नेटवर्क को विन का उपयोग टीकाकरण के लिए सूचीबदध लाभार्थियों का पता लगाने के लिए किया जाएगा टीकाकरण केन्द्र पर प्राथमिकता के अनुसार केवल पहले से पंजीकृत लाभार्थियों को ही टीका लगाया जाएगा

क्षेत्र में विभिन्न कोविड वैक्सीन को आपस में मिलने से बचाने के लिए राज्यों से कहा गया है कि एक जिले में केवल एक विनिर्माता की वैक्सीन ही आवंटित की जाए राज्यों को वैक्सीन कैरियर वैक्सीन वायल्स या आइसपैक के लिए सभी उपाय करने को कहा गया है आपको बता दें कि फाइज़र सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन किया है

हरिदवार में कृषि बिल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एमएसपी और मंडी व्यवस्था ख़त्म नहीं हो रही है उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों में इस बिल को लेकर भ्रम पैदा कर रहा है

सी ग्रेड माल्टा और पहाड़ी नींबू के लिए क्रमशः सात और चार रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है

चमोली जिले के मुख्य उद्यान अधिकारी ने बताया कि यह योजना उदयान कार्डधारकों के लिए होगी स्मार्ट सिटी सीएम म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने स्मार्ट सिटी के तहत कराये जा रहे सभी कार्यो को निर्धारित समयसीमा के अंदर पूरा कराए जाने के निर्देश दिए हैं देहरादून में स्मार्ट सिटी को लेकर समीक्षा बैठक में म्ख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कार्यो में समयबद्धता के साथ ही ग्णवता का विशेष ध्यान रखा जाए उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यो से आम जनता को कोई परेशानी न हो यह स्निश्चित किया जाना आवश्यक है मुख्यमंत्री ने कहा कि देहराद्रन में वर्षाजल को संरक्षण के लिए रेनवॉटर हार्वेस्टिंग पर अधिक फोकस किया जाना चाहिए राष्ट्रीय लोक अदालत नैनीताल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला जज राजीव कुमार खुल्बे की अध्यक्षता में बीते शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हआ

विस अध्यक्ष निरीक्षण उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि शीतकालीन सत्र के लिए सभी विधायकों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा पॉजिटिव रिपोर्ट वाले विधायकों का सदन में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा

उन्होंने कहा कि विधायकों से वर्च्अली जुड़ने के लिये राय मांगी गयी थी जिसमें लगभग सभी विधायक सदन में प्रतिभाग करने के पक्ष में हैं

सभी विधायकों अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सैनीटाइजेशन और मास्क की व्यवस्था की जायेगी साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन किया जायेगा उन्होंने कहा कि सदन में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि कोई भी सदस्य अपनी बात रखने से वंचित न रह पाये

पन्तनगर विश्वविद्यालय में कृषि अवसंरचना निधि के अन्तर्गत वितीय सुविधा योजना की कार्यशाला में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि ऋण की आवश्यकता के साथ साथ आधारभूत सुविधावों का विकास होना बहत जरूरी है तभी किसान नई तकनीकों और योजनाओं का शत प्रतिशत दोहन कर पायेंगे उन्होंने कहा कि इस कारण कृषि ऋण को बढ़ाया जा रहा है उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट काई के साथ डेयरी और मत्स्य को भी जोड़ा जा रहा है जिससे किसान केवल कृषि आमदनी पर ही निर्भर ना रहे बल्कि डेयरी और मत्स्य पालन के जरिए भी आय प्राप्त कर सके

इसे अगले चार वर्षो में उत्तराखंड में कृषकों और कृषक समूहों को आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है कार्यशाला में इस संबंध में भी जानकारी दी गई

राज्य किसान आयोग अध्यक्ष राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष और दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री राकेश राजपूत ने अल्मोड़ा में कृषि और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि दूरदराज के किसानों को प्रतिदिन जिला कार्यालय तक नहीं आना पड़े और उनको लाभ भी मिलता रहे उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित के लिए गम्भीर है

उन्होंने कहा कि अन्य राजनीतिक दल किसानों को भ्रमित कर रहे हैं

इसके साथ ही आर्म्ड फोर्स के सिपाहियों को अत्याध्निक राइफल दी जायेगी कल प्लिस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में गृह सचिव नितेश कुमार झा और डीजीपी अशोक कुमार ने इसकी जानकारी दी

जल्द ही एक अलग से फंड बनाकर यह प्रस्कार डीजीपी की ओर से दिया जाएगा पीएसी की वर्दी को भी अपग्रेड करके पैरामिलिट्री फोर्स की तरह कॉम्बैट वर्दी बनाई जाएगी

गृह सचिव नितेश कृमार झा ने कहा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी प्लिस में बढ़ाना है इस पर प्रा काम किया जा रहा है टूरिस्ट प्लिस को भी आध्निक बनाया जाएगा ताकि पर्यटकों को आवश्यकता पड़ने पर त्रंत मदद पहंचाई जा सके